और झारखंड के तीन नक्सलियों को एटीएस ने गुजरात से किया गिरफ्तार

बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ सचिव भी मौजूद रहेंगे कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री का सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह सातवीं बैठक है

राज्य में आज कोरोना से संक्रमित पंद्रह नये मरीज मिलने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर सात हजार छह सौ बियालीस हो गयी है गोड़डा जिले में आज दो नए कोरोना मरीज मिले हैं जबकि सिमडेगा में आज नौ नये कोरोना संक्रमित पाए गए इनमें से पांच लोग पहले से क्वॉरेंटाइन सेंटर में थे जबकि दो लोग ट्रू नेट मशीन से स्वास्थ्य जांच कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे थे दो अन्य संक्रमित ठेठईटांगर और कोलेबिरा प्रखंडों में मिले हैं सभी को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है इधर पाक्ड जिले के मालपहाड़ी ओपी और नगर थाने में पदस्थापित चार पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाये गये है चारों संक्रमित पुलिसकर्मियों को कोविड अस्पताल में इलाज के लिए भर्त्ती करा दिया गया है

दोनों चास के रहने वाले हैं

जिनका बेहतर इलाज चल रहा है सभी की स्थिति सामान्य बनी हुई है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

इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी डी डी न्यूज पी एम ओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में शाम आठ बजे इसका पुनः प्रसारण भी किया जाएगा

इसी कम में जिले के नारायणपुर प्रखंड में गठित एक सौ सह क्लबों में से साठ क्लबों की सदस्यों को तेजस्विनी योजना के तहत सात दिवसीय प्रषिक्षण दिया गया इस प्रषिक्षण के माध्यम से ग्रामीण किषोरियों और युवतियों में छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया गया कलस्टर कोऑर्डिनेटर पप्पू पोद्दार ने बताया कि अन्य क्लबों के सदस्यों के लिए भी प्रषिक्षण दिया जाएगा

इस बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव शैलेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे राज्यपाल ने कहा कि विगत कुछ दिनों में राज्य में नोवेल कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से होता दिख रहा है उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए अस्पतालों में बेड शीघ्र बढ़ाना नितांत आवश्यक हो गया है उन्होंने टेस्टिंग की गति को और तेज करने की दिशा में भी ध्यान देने की आवश्यकता बताई राज्यपाल कहा कि इस विपदा से कैसे निबट सकें लोगों को कैसे संक्रमित होने से बचाया जा सके इसके लिये एक रणनीति के तहत कार्य करना होगा श्रीमती मुर्मू ने प्रवासी मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों की रोजगारों की समीक्षा करते हुए कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे सरकार इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं

राज्यपाल को ईमेल से भेजे गये पत्र में दोनों नेताओं ने कहा कि यह अध्यादेष जनविरोधी गरीब और मजदूर विरोधी है उन्होंने कहा कि राज्य की जनता स्वयं कोरोना संक्रमण से परेशान है इस बीच यह अध्यादेश जनता की परेशानियों को और अधिक बढ़ाने वाला है

इस गतिरोध के समाप्त होने पर एनटीपीसी के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है

श्री निषंक ने टवीट कर इस नये केंद्रीय विद्यालय से लाभान्वित होने वाले सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को बधाई दी

इसी दिषा में हजारीबाग के मेरु स्थित बीएसएफ प्रषिक्षण केंद्र और विद्यालय में अधिकारियों तथा जवानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पांच हजार से अधिक पौधे लगाने का काम किया

इनमें से दो को राज्य के आदिवासी बहल तापी जिले के व्यारा तालुका से और तीसरे को महिसागर जिले के संतरामपुर तालुका से गिरफ्तार किया गया एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये लोग झारखंड से है और राज्य में आदिवासी समुदाय को सरकार के खिलाफ उकसाने में लगे थे इनके पास से माओवादी साहित्य भी बरामद किया गया है बताया गया है कि झारखंड में चर्चित पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान भी इनके खिलाफ कई मामले दर्ज किये गये थे गिरिडीह जिले के देवरी के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नरेश दास की आज सड़क दुर्घटना में मौत हो गई जबकि उनका भतीजा अनिल कुमार घायल हो गया है बताया गया है कि देवरी में उनकी मोटरसाइकिल को विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने धक्का मार दिया इलाज के लिए उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया हादसे के बाद जिले के उपविकास आयुक्त मुकुंद दास समेत कई अधिकारियों ने अस्पताल पहुंच कर घटना की विस्तृत जानकारी ली